इस चरण में जिन तेरह सीटों के लिये मतदान किया गया उनमें महराजगंज गोरखपुर कृषीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज षामिल हैं इस चरण में आज एक सौ सड़सठ उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य मतपेटियों में बन्द हो गया इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला मतपेटियों में बन्द हुआ उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किषन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉग्रेस नेता आरपीएन सिंह षामिल हैं भीशण गर्मी को देखते हुये लोग सुबह ही मतदान केन्द्रो पर पहुंचने लगे और कतार लगाकर वोट डाला दोपहर में गर्मी के कारण मतदान की गति हल्की धीमी रही लेकिन दोपहर बाद जैसे जैसे षाम होती गयी एक बार फिर मतदान केन्द्रों तक पहुंचने वालों की संख्या बढ़ गयी मतदान सम्पन्न होने तक लोग बूथों तक पहंचते रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे षाम तीन बजे तक महराजगंज में बावन दषमलव चार प्रतिषत गोरखपुर में छियालिस दषमलव नौ एक प्रतिषत कुषीनगर में सैंतालिस दषमलव नौ षून्य प्रतिषत देवरिया में पैंतालिस दषमलव दो छः प्रतिषत बांसगांव संसदीय क्षेत्र में चौवालिस दषमलव नौ दो प्रतिषत घोसी संसदीय क्षेत्र में पैंतालिस दषमलव तीन दो प्रतिषत सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में तिरालिस प्रतिषत बलिया मे बेयालिस दषमलव पांच छः प्रतिषत गाजीपुर में पैंतालिस दषमलव आठ नौ प्रतिषत चन्दौली में पैंतालिस प्रतिषत वाराणसी में तिरालिस दषमलव सात एक प्रतिषत मिर्जापुर में पचास दषमलव षून्य एक प्रतिषत और राबर्ट्सगंज में सैंतालिस दषमलव तीन षून्य प्रतिषत मतदान होने की खबर है पहली बार मतदाता बने यूवाओं में मतदान को लेकर विषेश उत्साह देखा गया यूवाओं द्वारा मतदान का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नही मिली कुछ स्थानों पर ईवीएम मषीनों में खराबी की सूचना मिली जिसे निर्वाचन अधिकारियों ने अतिषीघ्र ठीक करा दिया चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिये विषेश व्यवस्था की थी सांतवें चरण के लिये प्रदेष के तेरह जिलों में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पचीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये थे उधर आगरा उत्तर विधानसभा सीट पर आज उप चुनाव सम्पन्न कराया गया कड़ी सुरक्षा के बीच षान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये गये इस चुनाव में इस विधानसभा सीट के लिये बारह प्रत्याषियों का चुनावी भाग्य मतपेटियों में बन्द हुआ यह सीट भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग के आकस्मिक निधन के कारण रिक्त हुयी थी आज ही आजमगढ़ लोकसभा सीट के मुबारकपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या तीन सौ सैंतीस प्राथमिक विद्यालय करउत पर पुनर्मतदान भी कराया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेष सरकार के जन कल्याणकारी कार्यो से जनता में भाजपा को लेकर काफी उत्साह है आजादी के बाद पहली बार जनता जातिवाद वंषवाद क्षेत्रवाद भाशावाद को दरकिनार कर विकास के लिये मतदान कर रही है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि भाजपा को प्रदेष में चौहत्तर तो देष में कम से कम तीन सौ सीटें मिलेंगी उन्होंने कहा कि एनडीए को कुल चार सौ सीटें मिलने की उम्मीद है ऐसे में भाजपा एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है भाजपा नेता और पार्टी के प्रदेश निर्वाचन प्रबंधन प्रमुख जे पी एस राठौड़ ने बताया कि दोनों नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्वीट किए थे तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है आयोग को भेजे पत्र में पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि पिछले दो दिन से सभी राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया टेलीविजन पर मोदी की इस यात्रा को दिखा रहे हैं जो पूरी तरह अनैतिक और गलत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की वे केदारनाथ में हिमालय की गुफा में लगभग बीस घंटे बिताने के बाद बद्रीनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर हैं और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है